संसद का मानसून सत्र कल से श्रू होकर एक अक्तूबर तक चलेगा

मानसून सत्र के पहले दिन ही राज्य सभा और लोकसभा की कार्यवाही एक साथ होगी तथा शेष दिनों में राज्य सभा सुबह के सत्र में तथा लोकसभा दोपहर से शाम के सत्र में आयोजित होगी इस बार प्रश्नकाल नहीं होगा तथा निजी सदस्य विधेयक स्वीकार नहीं किये जायेंगे शून्य काल भी नियंत्रित तौर पर होगा लोकसभा और राज्य सभा सचिवालय दवारा दी गई जानकारी के अनुसार मानसून सत्र के दौरान कोई अंतराल नहीं दिया जायेगा तथा शनिवार और रविवार का भी संसद चलेगी बैठक को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए कई सख्त कदम उठाये गये है ताकि कोविड संक्रमण न हो और इसमें सभी सांसदों का परीक्षण लोकसभा और राज्यसभा में उनका दूर दूर बैठना तथा दोनों चैंबर्स व गलियारे का उपयोग भी सदस्यों को बैठाने के लिए किया जायेगा ताकि शारीरिक द्ररी बरकरार रहने का पालन हो सकें

संसद के कल श्रू होने से पूर्व आज आकाश्वाणी का समाचार सेवा प्रभाग संसद के समक्ष मुद्दे विषय पर हिन्दी और अंग्रेजी में परिचर्चा प्रसारित करेगा

भारतीय जनता पार्टी कल से देश भर में संगठन ही सेवा नारे को साकार करते हए संस्थापक पंडित दीन दयाल उपाध्याय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व अहिंसा के पंजारी राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के जन्मदिवस को मनाने जा रही है

श्री धनखड़ आज रोहतक में आय्वेद के महत्व पर हई संगोष्ठी में शिरकत करने के लिए पहंचे थे बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से पेश तीन कृषि अध्यादेशों का भी जिक्र किया उन्होंने कहा कि यह तीनों अध्यादेश किसान के हित में हैं लेकिन विपक्ष लगातार भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है उन्होंने बताया कि इस विषय पर तीन सांसदों की कमेटी बनाई गई है दरअसल किसानों को सही तरीके से तीनों अध्यादेशों के बारे में नहीं बताया गया आज पंचकला में भारतीय जनता पार्टी पार्टी के तीन सांसदों ने विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से किसानों से जुड़े अधयादेशों पर चर्चा की इस बैठक में आढ़ती और व्यापारिक संगठन के प्रतिनिधि भी मौजूद थे सांसद धर्मवीर सिंह बजेन्द्र सिंह और नायब सैनी ने किसानों से संवाद कर उनके स्झाव अध्यादेशों के सम्बध में लिये मालूम हो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने इन तीनों सांसदों का एक डेलीगेशन बनाया है जो किसान संगठनों से बात कर रहा है इन सांसदों ने पहले रोहतक व करनाल मे किसानों से चचा की थी सांसद धर्मबीर सिंह ने बताया कि अध्यादेश के सम्बध किसानों की भ्रांतियां दूर की जायेगी प्रदेश के किसी भी किसान को केंद्र सरकार दवारा किसानों के लिए बनाए गए तीन अध्ययादेशों के बारे में संशय है तो वे बगैर झिझक के तीन सांसदों की कमेटी के सामने अपनी बात को रख सकते हैं यह बात हरियाणा के कृषि एवं पश्पालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ने भिवानी में पत्रकार वार्ता के दौरान कही कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीन अध्ययादेश किसानों के हित में है इनमें किसानों को अपनी फसल ख्ली मार्केट में बेचने की छूट दी गई हैं तथा कंपनियों के साथ कांट्रेक्ट फार्मिंग को भी स्वेच्छिक किया गया हैं कोई भी किसान कंपनियों से लेन देन के लिए बाध्य नहीं हैं उन्होंने साफ किया कि प्रदेश सरकार मंडियों के निर्माण पर छह हजार करोड रूपये खर्च कर रही है तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले की तरह समय समय पर बढता रहेगा

फरीदाबाद में आज तीन कोरोना प्रभवित मरीज़ों की मृत्यु होने के समाचार है

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दृष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार जमीनों की रजिस्ट्री के मामले में ऐसा मॉडल स्थापित करेगी जो नागरिकों के लिए परेशानीमुक्त व पारदर्शी हो इस मामले में प्रदेश सरकार द्वारा अपनाई जा रही ऑनलाइन प्रणाली की चर्चा देशभर में है और तेलंगाना समेत कई अन्य राज्य हरियाणा के मॉडल का अनुसरण करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं उपमुख्यमंत्री आज रेवाड़ी जिले के धारूहेड़ा में पत्रकारों से बात कर रहे थे उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गये है कि रजिस्टरी के मामले में लगातार निगरानी रखे तथा तहसील स्तर पर भी एक संयोजक लगाएं उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री से संबंधित विभागों में जिला स्तर से समन्वय स्थापित किया जाएगा ताकि रजिस्ट्री करवाने वाले लोगों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े

परीक्षार्थी इसमें बगैर किसी के डर के बैठे और परीक्षा करवाने के लिए सभी प्रकार की सावधानियां बरती गई

हरियाणा के पुरातत्व संग्रहालय एवं श्रम रोजगार राज्यमंत्री अनुप धानक ने कहा कि राज्य सरकार समाज के गरीब वर्गो के समान विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील है जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है राज्यमंत्री आज हिसार जिले के विभिन्न गांवों में विकास परियोजनाओं के उदघाटन अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे